प्रदेश में अवैध खनन पर प्रभावी रोक लगाने के लिए सतर्कता प्रकोष्ठ का होगा प्रनर्गठन सेटेलाइट इमेजरी और ड्रोन का किया जाएगा उपयोग चांदपोल से बड़ी चौपड़ के बीच आज से होगा जयपुर मेट्रो का सफर शुरू

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कहा है कि इस साल शीतकालीन अवकाश अगले साल ग्रीष्मकालीन अवकाश और अन्य छट्टिटयों में कटौती कर खराब हुए समय की भरपाई की जाएगी

इसके अनुसार सत्र के लिए विश्वविद्यालयों के स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों के प्रथम वर्ष के लिए शैक्षणिक कलैण्डर पर यूजीसी दिशा निर्देश को मंजूरी दे दी गई है आयोग ने हर सप्ताह छह दिन के शैक्षणिक कार्यक्रम की सिफारिश की है

ओडिशा में बालेश्वर के अंतरिम परीक्षण केंद्र में किए गए इस परीक्षण के दौरान दो परीक्षण यानों को सफलतापूर्वक उडाया गया जिनका उपयोग विभिन्न मिसाइल प्रणालियों की क्षमताओं के आकलन के लिए लक्ष्य के रूप में किया जाता है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर डीआरडीओ को सफल परीक्षण के लिए बधाई दी है

इससे अभ्यर्थियों के ज्वॉइन नहीं करने की स्थिति में संबंधित विभाग को बार बार चयन बोर्ड से सूची नहीं मंगवानी पड़ेगी और अन्य अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिये बुलाने और उनकी जॉइनिंग का काम समय पर पूरा हो सकेगा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल जयपूर में इस बारे में अधिकारियों को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से निर्देश दिए वे प्रशासनिक सुधार और समन्वय विभाग तथा मुद्रण और लेखन साम्रगी विभाग की समीक्षा कर रहे थे मुख्यमंत्री ने कहा कि विभागों द्वारा स्थानांतरण के लिए सिर्फ ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएं ऑफलाइन भेजे गये आवेदन पर किसी तरह का विचार नहीं किया जाए

डॉक्टर शर्मो ने बताया कि इन पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी

बैठक के दौरान इन राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेश में कोविड महामारी से निपटने और उसके प्रबंधन की स्थिति तथा तैयारियों की समीक्षा की जाएगी

इसके लिए मुख्य सचिव को संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर गुड गवर्नेस की इस महत्वपूर्ण परियोजना को गति देने के निर्देश दिए हैं श्री गहलोत ने कल जयपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि विभागों में नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाए तथा पूरी गंभीरता से निर्धारित तारीख तक आमजन से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण सेवाओं को ऑनलाइन किया जाए

माइन्स और पेट्रोलियम विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ सुबोध अग्रवाल ने कहा कि इसके तहत जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन और खान विभाग मिलकर संयुक्त कार्यवाही करेंगे उन्होंने कहा कि राजसमन्द में पायलेट प्रोजेक्ट के रुप में अत्याध्रनिक उपकरणों के उपयोग के उत्साहजनक परिणाम मिले हैं अब इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा

नामांकन भरने का समय सुबह दस बजे से शाम पांच बजे तक रहेगा कल नामांकन पत्रों की जांच होगी और तीन बजे तक नाम वापस लिये जा संकेगे इसके बाद कल ही प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित होंगे और अभ्यर्थियों की सूची जारी होगी

कोरोना महामारी को देखते मेट्रो रेल में यात्रा करने के लिए स्मार्ट कार्ड जरूरी होगा और गाइड लाइन का पालन करना होगा प्रदेश की यह पहली भूमिगत मेट्रो रेल परियोजना है जिसके लिए दो किलोमीटर भूमिगत सुरंग बनाई गई है

कार्यक्रम में शामिल करने के लिए लोग अपने विचार और सुझाव नमो एप या माई जीओवी ओपन फोरम पर भेज सकते हैं